प्रदेश के किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा

राजधानी पटना स्थित पुलिस लाइन में तीन दिन पूर्व हुई हिंसा और हंगामे के बाद बीस पुलिस अधिकारी समेत सिपाही स्तर तक के बानवे पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी है तबादला किये गये पुलिसकर्मी काफी अर्से से पुलिस लाईन में पदस्थापित थे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी घटना फिर कभी नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा कि सिपाहियों का प्रशिक्षण अब किसी भी पुलिस लाईन में नहीं होगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजगीर में काफी स्थान है जहां पर प्रशिक्षण करायें या उन बीएमपी परिसरों को चिन्हित करें जहां पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो इस मामले में बर्खास्त एक सौ पचहत्तर सिपाहियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है पुलिस अधिकारियों ने आरोपितों के खिलाफ वारंट लेने के लिए न्यायालय में आवेदन देने का निर्णय लिया है वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि आरोपित अगर अविलंब आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया जायेगा और आवश्यकता हुई तो कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई की जायेगी प्रदेश के किसानों को बिजली कंपनी निःशुल्क कृषि कनेक्शन देगी कंपनी की ओर से दिये गये प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसकेनेगी और सदस्य आर के चौधरी ने मंजूरी दे दी है आयोग के निर्णय के बाद किसानों को आवेदन शुल्क नहीं लगेगा ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिजली से पानी पटाने वाले किसानों को आसानी होगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा उन्होंने कहा कि जमानती राशि के रूप में लगने वाले चार सौ रूपये भी किस्तों में लिये जायेंगे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अभी तक किसानों को कनेक्शन लेने के लिए कई प्रकार के दस्तावेज जमा करने पड़ते थे और जटिल आवेदन पत्र भरना पड़ता था लेकिन अब किसानों को एक ही पहचान पत्र देना होगा और आवेदन पत्र को भी सरल बना दिया गया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राज्य के सूखा क्षेत्रों में पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में दो स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा विभागीय मंत्री विनोद नारायण झा ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारियों को स्थल चयन कर जल्द सूचना भेजने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थान पर पम्प स्टेशन खोला जायेगा जहां पर पशु आसानी से पानी पी सके राज्य में बच्चों और किशोरों के प्रति होने वाले अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में किशोर न्यायालय सचिवालय के गठन का निर्णय लिया है समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजक्मार ने बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से किशोर न्याय के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई और उससे जूड़े सभी मामलों की समीक्षा तथा दिशा निर्देश किशोर न्यायालय के माध्यम से लिये जायेंगे उन्होंने कहा कि जिलास्तरीय किशोर न्यायालयों से मिले सभी रिकार्ड इस सचिवालय में सुरक्षित रखे जायेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हरनौत और बख्तियारपुर के बीच एक डेंटल कॉलेज की स्थापना की जा रही है श्री कुमार ने कहा कि पावापुरी में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज जबकि राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ऐसा जिला नालन्दा है जहां देश दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री ने शराबबंदी और दहेज उन्मूलन पर विस्तार से चर्चा करते हुये लोगों से सरकार को सहयोग करने की अपील की राज्य का दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दरभंगा में खोला जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है जिसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से निर्देश दिया गया था कि राज्य के मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एक ओर आयुर्विज्ञान की स्थापना की जाये प्रदेश में धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीददारी की आंकड़ों के अनुसार व्यवसायियों ने लगभग एक हजार तीन सौ बारह करोड़ रूपये का कारोबार किया है व्यवसायियों के अनुसार कार बिक्री में दो सौ बीस करोड़ मोटरसाईकिल में पचासी करोड़ और अन्य वाहनों में पैंतालीस करोड़ रूपये जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामनों में तीन सौ पैंतीस करोड़ की खरीद हुई वहीं चालीस करोड़ रूपये का मोबाईल फोन का कारोबार हुआ लोगों ने अस्सी करोड़ रूपये के बर्तन और पैंतीस करोड़ रूपये का फर्निचर खरीदा है उधर सर्राफा व्यवसाय में तीन सौ नब्बे करोड़ रूपये का कारोबार हुआ जिसमें सोने चांदी के गहने समेत अन्य सामान की बड़े पैमाने पर खरीददारी हुई प्रदेश के माप तौल विभाग ने राज्य के सैंतीस व्यवसायियों पर माप तौल में गड़बड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है विभाग के निदेशक ने बताया कि दीपावली और धनतेरस पर्व पर लोगों को समान का उचित वजन मिले इसके लिए यह कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में चार सौ साठ प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गयी जिसमें दो सौ अस्सी को नोटिस जारी किया गया है निदेशक ने कहा कि माप तौल निदेशालय को कंट्रोल रूम गठित करने का निर्देश दिया गया है जहां लोग अपनी शिकायत दर्जा करा सकते हैं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी रियल इस्टेट रेग्यूलिटी ऑथरिटी रेरा ने राज्य में बगैर निबंधन कराये आपर्टमेंट बनाने वाले बिल्डरों को नोटिस भेजा है रेरा के सदस्य आरबीसिन्हा ने बताया कि अगर कोई भूमि का ट्रकड़ा पांच कट्ठे का हो और उसे पांच व्यक्ति को एक एक कट्ठे जमीन बेची गयी हो फिर भी बिल्डर निबंधन के दायरे में आयेंगे उन्होंने बताया कि रेरा ने निबंधन नहीं कराने वाले रियद इस्टेट एजेंटों के खिलाफ जुर्माना का भी प्रबंधन किया है राज्य के ग्राम कचहरी के संचालन और मामलों की सही सुनवाई के लिए पंचों और सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जायेगा पंचायती राज विभाग ने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करार के बाद प्रशिक्षण का एक विस्तृत मॉड़यूल तैयार किया है इस मॉड़यूल के आधार पर ही संबंधित मामलों के विशेषज्ञ पंचों और सरपंचों को प्रशिक्षण देंगे राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है

मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार हवा में आर्द्रता बढ़ गयी है लेकिन पटना गया भागलपुर और पूर्णिया सहित कुछ शहरों का तापमान अभी भी सामान्य के आस पास है वैज्ञानिकों ने बताया है कि नमी बढ़ने से लोगों को सुबह और शाम में ठंड महसूस होगी लेकिन दिन में सामान्य स्थिति रहेगी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में बिहार की अंजनी ने रजत पदक प्राप्त किया है अंजनी ने जेवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया से कार्य कर रहा ह पटना में सम्पन्न बिहार राज्य जूनियर हैंडबॉल चैम्पियनशिप का खिताब जहानाबाद ने जीत लिया है फाइनल मुकाबले में जहानाबाद ने नवादा को तेईस इक्कीस से हरा दिया पटना में खेली जा रही जिला सीनियर शतरंज प्रतियोगिता में राहुल कुमार और विवेक शर्मा चार चार अंक लेकर शीर्ष पर बने हुए हैं पटना जिले के मनेर और बाढ़ में स्नान करने के दौरान गंगा नदी में ड्रबने से दो युवकों की मौत हो गयी आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बेउर में पुलिस की गोली से युवक मरा दैनिक जागरण ने धनतेरस पर की गयी खरीददारी को पहली खबर बनाते हुए लिखा है पटना ने की रूपये छह सौ करोड़ की शॉपिंग प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान हरनौत बख्तियारपुर के बीच डेंटल कॉलेज की स्थापना जल्द को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने स्वदेशी परमाणु पनड्ब्बी अरिहंत की पहली अभ्यास गश्ती पर शीर्षक दिया है परमाण् त्रिकोण पूरा धरती आकाश व समुद्र से परमाणु हमले कर सकेगा भारत

प्रदेश के किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा